जैविक ईंधन से कच्चे तेल के आयात में कमी लाने और उस पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है यह ईंधन पर्यावरण स्वच्छ बनाने किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी जुटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुजन में योगदान दे सकता है विश्व जैव ईंधन दिवस परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल दस अगस्त को मनाया जाता है इस क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रयासों को उजागर भी किया जाता है जैव ईंधन कार्यक्रम मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान और किसानों की आमदनी बढ़ाने जैसी सरकार की पहलों के अनुरूप भी है

आकाशवाणी दिल्ली से विश्व जैव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे राजधानी और एफएम रेनबो चैनलों पर सवेरे नौ बज कर पचपन मिनट से सुना जा सकता है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन आम जनों के लिए खोलने के निर्देश दिये हैं

इस अवसर पर पूरे राजभवन में विशेष रूप से विद्युत साज सज्जा की जायेगी और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें भी लगाई जायेंगी

श्री कोविंद ने इस अवसर पर नवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयोजन में उपस्थित थे उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत की श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए हम स्वतंत्रता सेनानियों के आभारी हैं सीएम धार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धार में आयोजित आदिवासी दिवस समारोह में कहा कि सरकार आदिवासियों का सम्मान कम नहीं होने देगी आदिवासी नायकों की प्रतिमाएं स्थापित की जायेंगी प्रदेश में हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाया जायेगा

आदिवासी क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आईआईटी इंजीनियरिंग पीएमटी और पीएटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं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

योजना सामुदार्यिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजो में ही लागू होगी

प्रतियोगिता हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होगी प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यो को निर्देश जारी किये हैं निर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत होने वाली विद्यार्थियों की यह प्रतियोगिताएं विद्यालय जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होंगी

अन्य विद्यार्थी दर्शक के रूप में शामिल हो सकेंगे

कल मंत्रालय में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति की हुई बैठक में यह जानकारी दी गई बैठक में न्यू डेव्हलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित सड़क एवं पुल परियोजनाओं के लिये प्राप्त निविदाओं का निराकरण किया गया

सम्मेलन भोपाल की प्रशासन अकादमी में मप्र में शहरी नियोजन का अगला चरण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज आयोजित किया जायेगा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

मानसून मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से आधा दर्जन से अधिक जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जाहिर की गई है स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दवाब का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है

साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में भी अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है